मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखे हाथ और मुंह साफ रखें

उन्होंने कहा कि किसानों ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में खाद्य आपूर्ति बनाये रखने में किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादक संगठनों के एक वृहद नेटवर्क का सुजन किया जा रहा है जिससे छोटे किसानों के जीवन में क्रान्तिकारी बदलाव आयेगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में कुपोषण के मुद्दे को समाधान के लिए बहुआयामी कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढावा देने के लिए आवश्यक सुधार किये हैं

प्रत्येक दल में एक संयुक्त सचिव एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल होगा जो जन स्वास्थ्य पहलुओं का अध्ययन करेगा दल में शामिल एक निदान विशेषज्ञ संक्रमण की रोकथाम के तरीकों और नैदानिक प्रबंधन मानकों का पालन करने का जायजा लेगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये दल कोरोना के नियंत्रण निगरानी परीक्षण संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण उपायों तथा पॉजिटिव मामलों के कृशल नैदानिक प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में राज्य के प्रयासों में सहयोग करेंगे केंद्रीय दल समय पर निदान और कोविड से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे राजस्थान के लिए तैनात केन्द्रीय दल जयपुर पहँच गया है इसमें सैन्य मामलात मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव सिंह ठाक्र एनवीबी डीसीपी के अतिरिक्त निदेशक डॉ अवधेश क्मार तथा श्वास रोग विशेषज्ञ डॉ जेके सैनी शामिल हैं

केन्द्र सरकार की ओर से कोरोना महामारी के प्रति लोगों की जागरूक करने के लिए जनआंदोलन चलाया जा रहा है इस जन आंदोलन से जुडते हए पैरालम्पियन देयेन्द्र झाझडिया ने लोगो से घर से बाहर जाने पर मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाये रखने का आग्रह किया है

आज सुनिए जोधपुर से हमारे श्रोता शंकर लाल का संदेश राज्य सरकार के जागरूकता अभियान के तहत आज विभिन्न जिलों में कार्यक्रम हुए प्रतापगढ़ में नगर परिषद की पहल पर शहर के विभिन्न इलाकों से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई

टॉक में इसी सिलसिले में आज देवली में कोरोना जागरण फेरी का आयोजन किया गया जिले के मालपुरा में लोगों को रोग प्रतिरोधक काढा पिलाया गया बुंदी में कोरोना जागरूकता पर रंगोली बनाकर राजस्थान सतर्क है का संदेश दिया गया बीकानेर में कोरोना के विरूद्व जनआंदोलन के दूसरे चरण के तहत हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाणा अभियान की आज शुरूआत हुई

सूरवाल में रूडिप की ओर से श्रमिकों और उनके परिजनों को मास्क सैनेटाइजर और साबुन वितरित किए गए

इस मौके पर मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही नौ दिन तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे नौ दिन तक विशेष प्रजा अर्चना के लिए घरों में भी तैयारियां की जा रही हैं राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को नवरात्र पर्वे के स्थापना दिवस की शुभकामनाए दी हैं उन्होंने कहा कि नवरात्रा जीवन में उचित और पवित्र कार्य करने और सदाचार अपनाने को प्रेरित करता है विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने भी प्रदेशवासियों को इस पर्व की शुभकामनाएं दी हैं

इससे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के पीड़ित व्यक्तियों को नियमानुसार आर्थिक सहायता स्वीकत्रत की जा सकेगी

श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

परिषद की प्रशासन समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में सदस्यों और क्षेत्रीय संयोजकों का चयन किया गया

ये दुर्घटना अटल टनल रोहतांग के पास धुंधी पुल से एक कार के नीचे गिर जाने से हुई

जिनमें से दो की मौके पर ही मृत्यु हो गई